वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की अस्पताल में मौत होने की खबर है रायपुर जिले में आज पैंसठ नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें बाराडेरा स्थित सीआरपीएफ कैम्प के बत्तीस जवान और आरंग स्थित आईटीबीपी कैम्प के आठ जवान तथा परिवार के सदस्य शामिल हैं जांजगीर चांपा जिले में कोरोना संक्रमित सत्रह नये मरीज मिले हैं ये सभी हसौद के रहने वाले हैं वहीं बालोद जिले में आज कोरोना संक्रमित सात नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें ग्राम सोहतरा का एक युवक भी शामिल है जो कुछ दिन पहले ही बेंगलूरू से लौटा था उधर नारायणपुर जिले में आज तीन नये कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए हैं इनमें से दो मरीज कंटेन्मेंट जोन और एक मरीज क्वारेंटाइन सेंटर से मिला है दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित तेरह मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें बीएसएफ के छह जवान शामिल है वहीं राजनांदगांव में कल देर रात दस नये कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए इनमें आईटीबीपी सोमनी से छह मोहला से तीन और डोंगरगांव से एक मरीज शामिल है इधर धमतरी जिले में दो अलग अलग गांव से दो वाहन चालक कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें एक सिलीडीह और दूसरा मूरा गांव का रहने वाला है इस बीच भिलाई इस्पात संयंत्र के दो कर्मियों के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद से संयंत्र प्रशासन सतर्क हो गया है संयंत्र प्रशासन ने कर्मचारियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने और ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है

महापौर अजय तिर्की ने आज चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित समाज के विभिन्न वर्गो से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव आमंत्रित किए इसके बाद शहर में नो मास्क नो गुड्स का नियम लागू करने का निर्णय लिया गया नेता प्रतिपक्ष बयान छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर चिंता जताई है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अब तक कोई कारगर योजना नहीं बना पाई है जिसके चलते प्रदेश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है श्री कौशिक ने राज्य सरकार से मांग की कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ठोस और कारगर नीति बनानी चाहिए उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोरोना के खिलाफ जरूरी ऐहतियात बरतना चाहिए जिससे कोरोना को परास्त किया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोरोना संक्रमण जांच के लिए सभी थेरैपी का उपयोग केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टीयोरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है मामूली संक्रमण में हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है कोरोना संक्रमित अस्सी प्रतिशत रोगियों में मामूली संक्रमण होता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दवाए केवल प्रतिबंधित आपात उपयोग के लिए स्वीकृत हैं और कुछ विशेष रोगियों में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अस्पतालों को सख्त परामर्श दिया है कि दवाओं के अविवेकी उपयोग से लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है आप प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रदेश में चौदह हजार पांच सौ अस्सी शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है लेकिन अब तक किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई है मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा

राजनांदगांव पुलिस लाईन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शहीद जवानों के परिजनों को शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया आईजी विवेकानंद सिन्हा ने ठाकुर प्यारेलाल चौक पर स्थापित शहीद पुलिस अधीक्षक वीके चौबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया इसके बाद शहीद स्मारक में भी पुष्पांजलि अर्पित की गई मानप्र सहित जिले के सभी थानों में भी शहीदों की याद में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए छात्र युवा मंच ने रानीसागर तालाब किनारे शहीदों की याद में पौधरोपण किया वन विभाग सीड बॉल प्रदेश में वन विभाग द्वारा कल फल सब्जी बीज और सीड बॉल की बोआई का कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके तहत प्रदेश के वन और अन्य क्षेत्रों में पच्चीस लाख सीड बॉल की बोआई की गई वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वनों के संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होगा इस कार्यक्रम के तहत बेर जामुन बेल सीताफल करौंदा लौकी बरबट्टी भिंडी बैगन और मुनगा आदि के बीज की बोआई और छिड़काव का कार्य किया गया प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश के सभी वनमंडलों के अंतर्गत पचास हजार किलो फलदार पौधे के बीज और साढ़े छह हजार सब्जी बीज की भी बोआई की गई सुरक्षा बल पौधरोपण देशभर में आज अर्द्वसैनिक बलों द्वारा वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी अर्द्वसैनिक बलों के परिसरों में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया भिलाई स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के परिसर में अधिकारियों और जवानों ने लगभग एक हजार पौधों का रोपण किया वहीं सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों और जवानों द्वारा भी पौधरोपण किया गया प्रभारी सचिव समीक्षा नारायणपुर जिले की प्रभारी सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज ओरछा विकासखंड के स्वास्थ्य केन्द्रों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं और कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी ली इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य अमले को फिजिकल डिस्टेसिंग मास्क पहनने और सेनिटाईजर का उपयोग करने के भी निर्देश दिए वहीं डॉक्टर शुक्ला ने कोंडागांव जिला कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की

आरोपियों के पास से पचास हजार रूपये नगद बरामद किए गए हैं

शुरूआत में दस प्रतिशत बसें चलाई जाएंगी

आरोपियों के पास से एक नग पिस्टल मैग्जीन दो जिंदा कारतूस और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है

मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी बिहार और उसके आसपास तीन दशमलव एक किलोमीटर तथा सात दशमलव छह किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है अगले चौबीस घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों तथा उससे लगे जिलों में भारी बारिश हो सकती है